मुख्यमंत्री ने शिमला में लोकतंत्र प्रहरियों को किया सम्मानित आपातकाल को बताया इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर जताई चिंता और प्रदेश कांग्रेस ने चार नगर निगमों में पार्टी उम्मीदवारों के नाम अंतिम स्वीकृति के लिए हाईकमान को भेजे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

स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा ताकि नियमों की अवहेलना न हो मास्क न पहनने वालों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा गया है और नो मास्क नो सर्विस के आदेश भी तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं बसों रेल और टैक्सियों में बिना मास्क सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी गाय पर अनुसंधान कर इनकी नस्ल में सुधार करेगी और इसके लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले के बंगाणा में पशुपालन परिषद की कार्यशाला में बताया कि शोध केंद्र के लिए जगह चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास कर रही है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपातकाल स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई व कड़ा संघर्ष किया उन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए उन्होंने आपातकाल को देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा कि युवाओं और भावी पीढ़ि को इससे परिचित होने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेलों में बंद किए गए लोगों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू की गई है

इस अवसर पर लोकतंत्र प्रहरी समिति के अध्यक्ष व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आपातकाल के समय को एक काला अध्याय करार दिया और आपातकाल की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि को उजागर किया शग्न योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने शगुन नाम से नई योजना शुरू की है

सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के उदेश्य से कार्य कर रही है मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोहग का आज निरिक्षण किया उन्होंने संस्थान के उत्थान के लिए कई अहम सुझाव दिए

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व उत्थान में तकनीकी शिक्षा की भी अहम भूमिका है

हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताई है शिमला स्थित उच्च न्यायालय परिसर में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि नशा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बन गई है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए समाज के सभी वर्गो को कार्य करने की जरूरत है न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने भी कार्यशाला में अपने विचार साझा किए हस्तशिल्प लाहौल स्पिति जिले में मनाए जा रहे स्नो फैस्टिवल की कड़ी में आज केलंग में हैंडलूम उत्पाद मूल्यवर्धन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें घाटी के महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया कार्यशाला में ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश रूआलवा ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के ख़ुलने से घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हई है और ऐसी कार्यशालाएं महिला सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बनेगी दो दिवसीय इस कार्यशाला का उदेश्य प्रतिभागिओं को हैंडलूम उत्पादों की मार्केटिंग और डिजाईनिंग की जानकारी देना है बिजली बोर्ड बिलासपुर में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मेले में लोगों को विद्युत आपूर्ति और विद्युत बिलों सहित अन्य जरूरी जानकारी रोचक ढंग से उपलब्ध करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि लोगों को ऑनलाईन बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया जा रहा है

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ इन चुनावों में उतर रही है उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक सभी पूर्व विधायक सहित पार्टी के सभी नेता पूरे तालमेल के साथ चुनाव प्रचार करेंगे

इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी कर दी गई है ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित मतदान केंद्रों में बिजली पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं योगासन भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार ने योग को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है वे आज प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाईन योगासन प्रतियोगिता के समापन पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योगासन को खेल का दर्जा दिया जाना एक एतिहासिक कदम है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर वृद्धि का क्रम जारी है

मौसम प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है